प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कार्यक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प का शामिल होना दोनों देशों के बीच रिश्तों की मजबूती और भारतीय समुदाय के अमरीकी समाज और अर्थव्यवस्था में किये गये योगदान को दर्शाता है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम में शामिल होना इस बात का प्रतीक है कि भारत और अमरीका के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं पूरे अमरीका से पचास हजार से अधिक भारतीय अमरीकी लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है हाउडी मोदी साझा सपने उज्जवल भविष्य नाम का यह कार्यक्रम ह्यूस्टन के विशाल एन आर जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा एक बयान में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रीशम ने कहा कि मोदी ट्रम्प संयुक्त रैली अमरीका और भारत के लोगों के बीच मजबूत संबंधों को उजागर करने का अवसर प्रदान करेगी अमरीका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंखला ने इस कार्यक्रम में ट्रम्प की भागीदारी को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है उन्होंने कहा कि इससे भारत और अमरीका के बीच बढ़ती मित्रता और सहयोग का पता चलता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के साथ अमरीका में डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ सांसद स्टेनी होयेर भी विशाल रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ स्थित राज्य मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन एवं उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया इस प्रदर्शनी का आयोजन भाजपा के श्री मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा सप्ताह के दौरान किया गया है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लोकप्रिय व्यक्तित्व और बहुआयामी प्रतिभा वाला बताते हुए कहा कि उन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों को जिस संवेदनशीलता से आगे बढ़ाया है उसके लिए पूरा देश और दुनिया श्री मोदी का कौतूहल और आश्चर्य की नजरों से देखती है

इस अवसर पर आदर्णीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के बहुआयामी व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को लेकर के एक प्रदर्शनी का उदघाटन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यहां पर लोकार्पित की गयी हैं उनके जीवन के अनेक पक्षों को लेकर के बचपन युवा भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जीवन के उन विभिन्न पक्षों को लेकर के जिसमें सेवा भी है राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव भी है संवेदनशीलता भी है वह अपने मूल्यों और आदर्शो के प्रति प्ररी प्रतिबद्वता भी देखने को मिलती भी है इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी जी का मिलना गौरव की बात है उन्होंने अपना जीवन ध्येय गांव गरीब किसान नौजवान के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिये समर्पित कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में लगभग चार सौ सत्तान्नबे करोड़ रूपये की लागत वाली पचास विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

इस अवसर पर कार्यकम को सम्बोधित करते हुए मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के विभिन्न परियोजनाओं का लाभ गरीब किसान नौजवान और महिलाओं को देने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि देश की सम्प्रभता के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं दी जायेगी भारत आज द्निया में अपनी नई पहचान बना रहा है और उसे वैश्विक मंच पर सम्मान मिला है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

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में बहुत से समाचार चैनल हैं लेकिन लोग विश्वसनीय समाचारों के लिए दूरदर्शन को देखते हैं उन्होंने कहा कि दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि सही समाचार देता है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति बन रहा है बाइट ये भी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को अब सच्ची खबरें चाहिए विश्वसनीय खबर देखनी है तो तुरंत लोग दूरदर्शन न्यूज लगाते हैं अब एक डी डी इंडिया शुरू हो रहा है जो दुनियाभर में भारत की खबरें जैसे बी बी सी सी एन एन एन के वैसे ही आने वाले दिनों में डी डी न्यूज भी दूनिया में सब जगह देखने वाला एक बहुत रिलायबल चौनल होगा क्योंकि भारत एक महाशक्ति बन रहा है और बनेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने विशेष डाक टिकट और विशेष पत्रिका भी जारी की

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने इस अवसर पर कहा कि दूरदर्शन ने समय के साथ अपने को बदला है और यह अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए नवीनतम तकनीक को अपना रहा है देश के उत्तरी भाग में हो रही वषा और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते राज्य में कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है जिसके चलते आस पास के क्षेत्रों में बाढ़ के हालात पैदा हो गये हैं गंगा नदी गाजीपुर और बलिया में खतरे के निशान से उपर बह रही है वहीं बदायूं में कछला ब्रिज प्रयागराज में फाफामऊ मिर्जापुर और वाराणसी में लाल निशान के पास बढ़ाव पर है यमुना नदी औरैया कालपी जालौन हमीरपुर और बांदा के चिल्ला घाट पर खतरे के निशान को पार कर गयी है वहीं नैनी प्रयागराज में खतरे के निशान के नीचे बह रही है बेतवा नदी का जलस्तर हमीरपुर में खतरे के निशान को पार कर गया है शारदा का जलस्तर लखीमपुर खीरी के पलिया कला में लाल निशान के ऊपर पहुंच गया है घाघरा बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज और अयोध्या में लाल निशान के ऊपर स्थिर बनी हुई है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों मे हजारों एकड़ फसलें पानी की भंट चढ़ गयी हैं हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी में बाढ के चलते प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने परिषदीय स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है यहां तीन दर्जन से अधिक गांव बाढ़ क पानी से घिर गये हैं बांदा में सदर और पैलानी तहसीलों के लगभग दो दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं कई सम्पर्क मार्ग पानी में ड्रब जाने के कारण वहां नावें चलायी जा रही हैं वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कैम्प स्थापित किये गये हैं और जिला प्रशासन ने संबंधित मजिस्ट्रेटों को लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट रहन के निर्देश दिये हैं प्रयागराज में तटीय क्षेत्रों में बाढ का पानी घरों में घुस जाने के कारण बाढ के हालात पैदा हो गये हैं जिला प्रशासन मुस्तैदी से बाढ़ पर नजर रखे हुए है क्पोषण को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है पोषण माह का उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाना है इस अभियान में पोषण भागीदारी और पोषण पर चर्चा जैसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं प्रदेश में पोषण माह अभियान के अंतर्गत आज से सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में बाल सप्ताह मनाया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि पोषण अभियान का उद्देश्य बच्चों किशोर बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्या दूर करना है बाइट बाल सप्ताह के पहले दिन बाल सुपोषण उत्सव के तहत आज ममता दिवस मनाया जायेगा जिसमें माताएं अपने घर से खाना बनाकर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लायेंगी और सभी बच्चे एक समूह में बैठकर भोजन करेंगे सप्ताह के द्रसरे दिन को सुपोषण ग्रंज के तौर पर मनाया जायेगा जिसमें प्रभात फेरी जैसे कार्यक्रमों के साथ ही महिलाओं और बच्चों को पोषण युक्त आहार लेने की शपथ दिलायी जायेगी

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उत्तर प्रदश और मध्य प्रदेश के चित्रकूट और आस पास के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बने डकैत बबुली कोल और लवलेश कोल को मध्य प्रदेश की पुलिस ने बीती रात चित्रकूट के जंगल में एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया

चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने आकाशवाणी को बताया कि मध्य प्रदश के सतना पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों दस्यु मारे गये

डकैत लवलेश कोल के सिर पर भी ढ़ाइ लाख रूपये का इनाम घोषित था